श्री मोदी ने जमुई और गया में चुनावी सभा कर एनडीए के प्रचार अभियान की शुरूआत की कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है आज जमुई जिले के खैरा प्रखंड के बल्लोपुर से बिहार में एनडीए के चूनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सेना के शौर्य की विश्व भर में प्रशंसा हो रही है लेकिन विपक्ष के लोग सब्रत मांग रहे हैं लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ राज्य में विपक्षी दलों का गठबंधन महामिलावट का गठबंधन है श्री मोदी ने खुद को भ्रष्टाचार आतंकवाद और कालेधन के खिलाफ देश का चौकीदार बताते हुए कहा कि पांच साल में उनकी सरकार ने देश का आत्मसम्मान बढाया है इस दौरान कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन को दलित पिछड़े के रोजगार और मान सम्मान की चिंता नहीं है उन्होंने कहा कि पिछडों को सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के सरकार के कदम में विपक्ष ने काफी रोड़े अटकाये श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने इस आयोग का अध्यक्ष बिहार से बनाया है प्रधानमंत्री ने आदिवासियों और पिछडे वर्ग के मतदाताओं से अपील की कि रोडे अटकाने वाले लोगों से वे हिसाब लें उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने सबका साथ सबका विकास की चिंता की है श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक रुप से पिछडे सामान्य वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भी संबोधित किया वहीं गया में एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच सालों के दौरान रीति नीति और नियत में बदलाव आया है जिस कारण विकास को अभूतपूर्व गति मिली है उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया श्री मोदी ने कहा कि मई दो हजार चौदह से पहले देश भर में जगह जगह आतंकवादी बम धमाके करते थे लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गये और यह सब बंद हो गया उन्होंने कांग्रेस पर हिन्दू आतंकवाद पर हौव्वा खड़ा करने का आरोप लगाया जनसभा को जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी संबोधित किया कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है घोषणा पत्र में पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे किए हैं नई दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत पार्टी पांच करोड़ गरीब परिवारों को वार्षिक बहत्तर हजार रुपये उपलब्ध करायेगी रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मार्च दो हजार बीस तक बाईस लाख रिक्त पदों को भरने का वायदा किया है श्री गांधी ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो किसानों के लिए कर्ज माफी की व्यवस्था की जायेगी साथ ही कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया जायेगा घोषणा पत्र में मनरेगा के तहत एक सौ पचास दिनों के रोजगार की बात कही गयी है भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस अपने साठ सालों के शासनकाल में गरीबी नहीं खत्म कर सकी और एक बार फिर पार्टी गरीबी उन्मूलन मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरी है

श्री यादव ने केन्द्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि यह चुनाव सच और झूठ के बीच का फैसला करेगा उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नवादा लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार विभा देवी और नवादा विधान सभा क्षेत्र से हम उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार सिन्हा को विजयी बनाने की अपील की सभा को संबोधित करते हुए हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि लोकतंत्र में आम लोगों की ताकत सबसे अधिक है उन्होंने लोगों से महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है एक निजी टीवी चैनल को दिये साक्षात्कार में श्री कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद जेल में बंद होने के बावजूद फोन पर बात कर बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं इधर जदयू अध्यक्ष के इन आरोपों का लालू प्रसाद को बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खंडन किया है लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे राजद के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी ने पार्टी नेतृत्व को चौबीस घंटे के अंदर उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम रूप से फैसला लेने को कहा है लोकसभा चूनाव के चौथे चरण के लिये आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया इस चरण में प्रदेश के पांच संसदीय क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर में उनतीस अप्रैल को मतदान होना है इस चरण के लिए आज दो नामांकन पत्र भरे गये बेगूसराय से शोषित समाज दल के उमेश पटेल ने अपना नामांकन पत्र भरा वहीं दरभंगा से मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के सरोज कुमार चौधरी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया मुंगेर समस्तीपुर और उजियारपुर से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये गये इस चरण के तहत नामांकन की अंतिम तिथि नौ अप्रैल निर्धारित है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि बारह अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं चौथे चरण के तहत सतासी लाख दो हजार तीन सौ तेरह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तीसरे चरण के तहत पांच संसदीय क्षेत्रों के लिए आज सोलह नामांकन पत्र दाखिल किये गये झंझारपुर से पांच अररिया से दो सुपौल से तीन खगड़िया से चार और मध्रपेरा से दो उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा सुपौल से कांग्रेस प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद रंजीत रंजन ने जबकि खगड़िया से विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया लोक सभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सघन तलाशी के दौरान दो करोड अंठावन लाख रुपये से अधिक की नकद राशि पकड़ी गयी है मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य की पुलिस और अन्य धावा दलों ने राज्य में पौने दो करोड रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है आयकर विभाग के जांच दलों की ओर से हवाई अड्डों रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कड़ाई से नजर रखी जा रही है नेपाल से लगी सीमा पर जांच के दौरान चौदह लाख सताईस हजार से अधिक की नेपाली करेंसी भी बरामद की गयी है वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग ने अभियान चलाकर बड़ी संख्या में शराब भटिठयों को ध्वस्त किया है और तीन करोड़ लीटर से अधिक शराब भी जब्त की गयी है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अठारह अप्रैल से प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद ने यह जानकारी दी भाजपा के वरिष्ठ नेता और बक्सर से पार्टी उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे को जिले की एक स्थानीय अदालत में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जमानत दे दी है

श्री भट्टाचार्य आज पटना में पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के बागी नेता महाचन्द्र प्रसाद सिंह ने नया मोर्चा बनाने की घोषणा की है श्री सिंह हाल ही में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा से अलग हो गये थे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आज शेखपुरा जिले में साइकिल रैली का आयोजन किया गया रैली का नेतृत्व जिलाधिकारी इनायत खान ने किया

श्री मोदी ने जमुई और गया में चुनावी सभा कर एनडीए के प्रचार अभियान की शुरूआत की कांग्रेस ने लोकसभा चूनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया